पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबूद्दीन समेत आठ अभियूक्तों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने आरोप गठित कर दिया है

आरोपितों पर हत्या आपराधिक साजिश और हथियार के गलत इस्तेमाल के मामले पर कोर्ट में ट्रायल चलाया जायेगा आरोपियों पर तीन जिलों की आधा दर्जन अदालतों में सुनवाई के बाद आरोप का गठन किया गया है राज्य के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने पर कार्रवाई करने का निर्णय किया है विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने बताया कि पिछले वर्ष मार्च में विश्वविद्यालयों को नवासी करोड़ रूपये की राशि दी गयी थी जिसका ब्यौरा नहीं मिला है सचिव ने बताया कि कुलसचिवों को एक सप्ताह का समय दिया गया है इसके बाद भी प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर राज्यपाल सचिवालय कार्रवाई करेगा निर्वाचन आयोग कल राज्य की मतदाताओं की नई सूची जारी करेगा आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में इस बार चौदह लाख मतदाता बढ़े हैं अधिकारी ने कहा कि आयोग की वेबसाईट पर कोई भी मतदाता अपना नाम विधानसभा और किस बूथ पर मतदान करेंगे इस बात की जानकारी ले सकेत है उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को दो वेबसाईट सीईओ बिहार डॉट एनआईसी डॉट इन और नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल डॉट एनआईसी डॉट इन पर देखा जा सकता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इकहत्तर वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता नई दिल्ली में राजघाट पर बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं समाधि स्थल पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया है वहीं प्रदेश में भी कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राज्य सरकार ने एक सौ पचहत्तर पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी पद पर प्रोन्नति दी है गौरतलब है कि इनमें कई अधिकारी कल अवकाश प्राप्त करने वाले हैं राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राज्य के दो सौ सात अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने बताया कि इन अधिकारियों पर ऑनलाईन दाखिल खारिज कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है प्रधान सचिव ने कहा कि अगर स्पष्टीकरण के बाद भी कार्य में कोताही बरतने की सूचना मिलेगी तो अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से साढ़े नौ लाख रुपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि लूट की घटना को मोटरसाईकिल सवार छह अपराधियों ने अंजाम दिया है मामले की छानबीन की जा रही है वहीं पूर्णियां जिले के सदर थाना क्षेत्र से अपराधियों ने एक व्यवसायी से ढाई लाख रुपये लूट लिए पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है पटना नगर निगम क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से आने वाली मछलियों पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मछलियों में हानिकारक रसायन फॉर्मलीन की जांच के लिए पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी के नेतृतव में एक टीम आंध्र प्रदेश भेजी गयी है टीम वहां मछली कारोबारियों और पशुपालन तथा मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगी इसके साथ ही लगभग पौने दो सौ पैकिंग शेड का निरीक्षण भी करेगी उन्होंने कहा कि जांच दल की रिपोर्ट मिलने के बाद मछली पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाने का निर्णय किया जायेगा राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ गयी है मौसम विभाग ने बताया कि वर्ष दो हजार तेरह के बाद जनवरी माह के अंत में इतना कम तापमान रिकॉर्ड नहीं किया गया था मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि हिमालय क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवा के कारण राज्य में न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी है विभाग ने कहा कि दो फरवरी के बाद तापमान में व्रद्धि होने की सम्भावना है मौसम पुर्वानुमान में कहा गया है कि फरवरी के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान पच्चीस डिग्री और न्यूनतम तापमान के ग्यारह डिग्री सेल्सियस तक रहने की सम्भावना है महाराष्ट्र में चल रही छियासठवीं राष्ट्रीय सीनियर पुरूष कबड़डी प्रतियोगिता में बिहार ने लगातार दो जीत दर्ज कर पूल डी से प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है बिहार ने अपने पूल के पहले लीग मैच में पश्चिम बंगाल को बयालीस इक्कसी और छत्तीसगढ़ को छत्तीस तैंतीस अंकों से पराजित किया पूर्णियां के जिला और सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपित को पांच वर्ष की सजा के साथ पचास हजार रूपये का आर्थिक दण्ड भी लगाया है भागलपुर जिले में पुलिस ने राज्य के कैबिनेट मंत्री शैलेश कुमार के एक करीबी रिश्तेदार से मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतर प्रांतीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है दरभंगा जिले की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चत्र्थ दीपक क्मार की अदालत ने नगर थानाध्यक्ष समेत दो लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है थानाध्यक्षों पर जमानत पर चल रहे एक आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आरोप है पश्चिम चम्पारण जिले के बेतिया नगर थाना क्षेत्र से पांच सौ ग्राम चरस के साथ पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है पकड़े गये अपराधियों के पास से दो देसी पिस्तौल और एक चोरी की मोटरसाईकिल भी बरामद की गयी है पटना जंक्शन से खुलने वाली राजरानी एक्सप्रेस आज से पांच फरवरी तक डेढ़ घंटे की देरी से खुलेगी जबकि पाटलिपुत्रा जंक्शन से सहरसा जाने वाली ट्रेन दो घंटे की देरी से खुलेगी राजधानी पटना में जीआरपी पुलिस ने एक व्यक्ति को पचास पाउच देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है इसके साथ ही नशे की हालत में मिले सात लोगों को भी पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने राजधानी पटना में सिटी बसों का किराया बढ़ा दिया है परिवहन निगम के अनुसार वाहनों के कल पूर्जे की कीमतों में वृद्धि के कारण यह निर्णय लिया गया है विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में एक सौ दस सिटी बसें चलायी जा रही हैं जिनके किराये में एक से तीन रूपये की बढ़ोतरी की गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है कई अखबारों ने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर विस्तृत विवरण दिया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है अयोध्या में गैर विवादित भूमि लौटाने की मंशा दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा की खबर पर लिखा है बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को विजिटिंग कार्ड न बनाये दैनिक भास्कर लिखता है आरटीपीएस में आयेंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्रभात खबर ने बर्ड फ्लू से पटना में मर रहे कौए आगे भी बंद रहेगा पटना जू को बड़ी खबर बनया है अखबार आज ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर लिखा है समाजवादी आंदोलन का एक स्तंभ ढह गया इसके साथ ही अखबारों ने कई अन्य खबरों को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने उत्तर प्रदेश में बनेगा दुनिया का सबसे लम्बा एक्सप्रेस वे प्रभात खबर ने सोना और हुआ महंगा को प्रकाशित किया है